भारत आर्थिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वसूली में कमी के कारण धनराशि जारी करने में देरी हुई और राज्यों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया कि सरकार जीएसटी की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है

राज्य कर व आबकारी विभाग के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने अधिकारियों को डिफॉल्टर जीएसटी करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कुंडू चण्डीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

संयज कुंडू ने उन ठेकेदारों के पंजीकरण भी रद्द करने को कहा है जिन्होंने जीएसटी लागू होने के समय तो पंजीकरण करवाया लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय चल रहे हैं

उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बनाए हुए हैं पवन काजल कल कांगड़ा में वीरता गांव से आए महिला मंडल के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है लेकिन तापमान में कमी के चलते गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है जनजातीय इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे चल रहा है हालांकि धूप निकलने से दिन के समय लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही है

कुछ इलाकों में सड़कों पर कोहरा जमने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है राजधानी शिमला सहित आसपास के इलाकों में दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई है मगर सुबह शाम जबरदस्त ठंड पड़ रही है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

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में हिमाचल को अवार्ड

दैनिक जागरण के शब्द हैं खिली धूप ने दी थोड़ी राहत दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है हिमाचल प्रदेश में खून जमा देने वाली सर्दी

अमर उजाला ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है हालात नहीं सुधरे तो सूबे के सरकारी स्कूलों को बंद करने की आएगी नौबत पंजाब केसरी के शब्द हैं सरकार बताए शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए क्या किया